संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस महत्वपूर्ण आयोजन की शुरूआत की है इसका उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम है जैव विविधता का सम्मान इस वर्ष की थीम के अंतर्गत नगर वन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों से जैव विविधता के संरक्षण के प्रति समर्पित होने का संकल्प लेने का आहवान किया है एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में पर्यावरण की अहम भूमिका है

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के व्यापक उपाय किए जा रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शिमला स्थित सचिवालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे

यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है

उन्होंने कहा कि यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभियान की शुरूआत आज शिमला में पत्रकार वार्ता से करेंगे प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया ने बताया कि आने वाले दिनों में सभी संसदीय क्षेत्रों में वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया जाएगा अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है छठे राज्य वित्तायोग के गठन को सरकार की मंजूरी पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल मंत्रिमंडल की छठे राज्य वित्तायोग के गठन को सहमति

आपका फैसला लिखता है पंचायतों व स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की होगी समीक्षा दैनिक सवेरा टाईम्स के अनुसार आवासहीनों को भूमि देने की सालाना आय की पात्रता में संशोधन पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है नहीं हुआ कोई हैल्थ स्कैम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले डिस्प्ले वैंटिलेटर की सच्चाई जान ले विपक्ष दैनिक भास्कर लिखता है प्रदेश में कोई हैल्थ स्कैम नहीं पीपीई किट में भी अनियमितताएं नहीं हिमाचल दस्तक ने खबर दी है कोरोना संकट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर तीखा हमला जो अपनी पार्टी को लूटने में लगे हैं वो हम पर सवाल उठा रहे है

अमर उजाला ने लिखा है कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन से हुआ देवभूमि हिमाचल की प्रकृति का श्रृंगार एनजीटी में दायर मामलों को सुलझाएगी हिमाचल सरकार पंजाब केसरी की एक खबर है